समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार नड्डा ने मुलाकात के दौरान केंद्र सरकार के चार साल की उपलब्धियों की जानकारी दी और सरकार की नई नीतियों व योजनाओं से अवगत करवाया नड्डा ने पूर्व लोकायुक्त लोकेश्वर सिंह पांटा पूर्व न्यायाधीश एके गोयल सेवानिवृत आईएएस अधिकारी सुभाष नेगी श्रीनिवास जोशी पूर्व मुख्य सचिव एसएस परमार इंडस अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर बीआर वर्मा और लेखक एसआर हरनोट से भेंट की तरूण कप्र विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण कपूर ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में दुनियाभर में बहुत अधिक अनुसंधान किया जा चुका है मगर बहुत किया जाना बाकि है शिमला के समीप कुफरी में कल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति व संभावनाओं पर आयोजित दो दिवसीय राष्टीय सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किए तरूण कपूर ने इस क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पर जानकारी पहुंचाने के लिए और अधिक प्रयास की ज़रूरत बताई भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सदस्य सचिव ई रविन्द्र गौड़ ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे सेमिनार में देशभर से विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया विवेक भाटिया बिलासपुर के उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा है कि चंगर में बनने वाले शहीद स्मारक के लिए मैथी पंचायत ने ईंट का एक ट्रक भेंट किया उन्होंने बताया कि एक ईंट शहीदों को नाम अभियान में लोग स्वेच्छा से अपना सहयोग दे रहे हैं अभियान के संयोजक संजीव राणा ने बताया कि शहीदों की स्मृतियों को संजोए रखने व उन्हें श्रद्वांजलि देने के अलावा ये शहीद स्मारक शहीदों की शौर्य गाथाओं को प्रदर्शित व प्रचारित करेगा रैली किन्नौर ज़िला वन अधिकार संघर्ष समिति और हिमलोक जागृति मंच ने जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम लागू करवाने के लिए कल रिकांगपिओ में एक रैली निकाली

अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश के कॉलेजों में सैमेस्टर सिस्टम खत्म करने की सरकार की घोषणा से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल के कॉलेजों में सैमेस्टर सिस्टम खत्म स्नातक में सालाना होंगी परीक्षाएं नया बनेगा सिलेबस पंजाब केसरी लिखता है कॉलेजों में सैमेस्टर सिस्टम खत्म एनुअल सिस्टम लागू दिव्य हिमाचल के शब्द हैं महाविद्यालयों में इस सत्र से एनुअल सिस्टम के आधार पर होंगे दाखिले दैनिक भास्कर का शीर्षक है रूसा में सुधार के लिए गठित कमेटी की सिफारिशों पर फैसला दैनिक जागरण का कहना है शिक्षा मंत्री ने की घोषणा स्नातक स्तर पर अब होगी वार्षिक परीक्षा हिमाचल दस्तक के अनुसार सरकार ने खत्म किया रूसा में सैमेस्टर सिस्टम

दैनिक भास्कर ने खबर दी है सरकार के चार विभागों में प्लास्टिक बोतल व बाल्टी का इस्तेमाल बंद जबकि पंजाब केसरी लिखता है प्रदेश के सरकारी कार्यालयों से हटेगा प्लास्टिक का सामान वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के कार्यालय से हुई शुरूआत दैनिक सेवरा टाइम्स की एक खबर है हिमाचल में खुलेंगी एक दर्जन नई दमकल चौकियां इसी समाचार पत्र के अनुसार चूड़धार अभयारण्य में सूखे हजारों पेड़ पेड़ों पर कीटों ने किया हमला

अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित खबर पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है पांच एचएएस के तबादले दो के रदद

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय सुरक्षित रहेगी जिंदगी में लिखा है कि सड़कों के अंधे मोड़ों पर सेंसर के अलर्ट करने का शोध अनमोल जिंदगियां बचाने में सहायक होगा दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है कि मेडिकल विश्वविद्यालय के माध्यम से चिकित्सकीय सेवाओं का सूत्रपात और शैक्षिक मूल्यों में सुधार की एक बड़ी संभावना है शीर्षक है हिमाचल मेडिकल विश्वविद्यालय